प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण में भी कसर नहीं छोड़ेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गरीबों उपेक्षितों तथा समाज के वंचित लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध हो सकें उन्होंने कहा कि लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा बेहद जरुरी है